प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बनाए रखने के लिए द्रढसंकल्प है

प्रधानमंत्री की जन औषधि संचालकों से बातचीत के दौरान बीकानेर में केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मौजूद रहे

उन्होंने इस संक्रमण को कम करने के लिए हाथ मिलाने की बजाय लोगों से भारतीय परम्परा के अनुसार नमस्ते कहने को कहा श्री मोदी ने लोगों से बुखार खांसी गले में खराश होने की स्थिति में स्वंय उपचार करने की बजाय तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने का आग्रह किया प्रदेश में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए यहां आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के दलों द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर आइसोलेशन वार्ड में रखकर जांच करवायी जाएगी

साथ ही यातायात विभाग के कार्मियों द्वारा ब्रेथ एलॉलाईजर के उपयोग को भी फिलहाल बंद करने को कहा गया है अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य भवन में कोरोना वायरस नियंत्रण और उपचार सेवाओं की विशेष समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गयी

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज स्कूलों में मिड डे मील के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले दूध की ग्णवत्ता के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि आने वाले दिनों में दूध के स्थान पर विद्यार्थियों को अन्य वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत उपलब्ध कराए जाने के बारे में विचार किया जाएगा

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान रोड़वेज ने कल राज्य की सीमा में संचालित साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है

जयपुर में यातायात पुलिस द्वारा भी कल कई विशेष आयोजन किए जा रहे हैं शहर में कल महिला यातायातकर्मियों द्वारा यातायात का जिम्मा संभाला जाएगा इस बीच महिला दिवस सप्ताह के तहत आज भी कई जिलों में कार्यक्रम हुए जालौर में महिला और बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई झालावाड़ में बेटी बचाओ जागरूकता कार्यक्रम हुआ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हम एक ऐसी महिला शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने ग्रामीण परिवेश से निकलकर कई महत्वपूर्ण मिशन में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई

उन्होंने कहा कि वे कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुई लेकिन निरंतर संघर्ष से आगे बढ़ती गयीं

कल भी प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री दौरा कर किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसानक का जायजा लेंगे बाड़मेर में प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला का कल दौरा करने का कार्यक्रम है